अनावरण के बाद श्री मोदी ने किसान नेता को प्ष्पाजंलि भेंट की और उनकी याद में बना गए दीन बंधू सर छोटू राम संग्रहालय का दौरा भी किया जिसमें सर छोट्र राम के जीवन से सम्बधित वस्तुएं रखी गई है प्रधानमंत्री ने वहां दस मिनट की दस्तावेजी फिल्म भी देखी प्रधानमंत्री ने रैली मंच से सोनीपत के बढ़ी में रेल कोच कारखाने का शिलान्यास किया इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि बढ़ी में स्थापित हो रहे रेल कोच कारखाने में रेल डिब्बों के रख रखाव के साथ साथ बहत से नौजवानों को रोज़गार को रोज़गार भी मिलेगा उन्होंने कहा कि कारखाना शुरू होने से रेल के डिब्बों की म्रम्मत के लिए द्र दराज स्थानों स्थानों पर नहीं भेजना पड़ेगा उन्होंने कहा कि कारखाने में इंजीनियर और टैकनीशियन को विशेषता हासिल करने का मौका भी मिलेगा

प्रधानमंत्री ने अपना भाषण हरियाणवी भाषा से शुरू किया उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें सर छोट् राम जो किसानों की आवाज़ और मसीहा थे की प्रतिमा का अनावरण करने का मौका मिला है ये प्रतिमा सांपला और रोहतक की पहचान बन गई है

सर छोट् राम के समाज के प्रति योगदान को याद करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बार सरदार पटेल ने कहा था कि अगर सर छोटू राम जिंदा होते तो बंटवारे के समय उन्हें पंजाब की चिंता नहीं करनी पड़ती इस मौके पर कई केन्द्रीय मंत्री म्ख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा पंजाब के राज्यपाल भी मौजूद थे संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारतीय डाक लोगों को स्विधाजनक सेवाएं देने के लिए वचनबद्ध है

अम्बाला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सैक्टर सात निवासी तेज़ाब पीडित महिला को एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी गई है विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एंव मुख्य न्याय दंडाधिकारी दानिश ग्प्ता ने बताया कि ये आर्थिक सहायता जिला सत्र न्यायधीश विक्रम अग्रवाल के निर्देश पर दी गई है

उन्होंने बताया कि पीडिता को कानूनी सहायता के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ताओं की सेवाएं भी प्रदान की जायेगी

विमानन सुरक्षा पर सैमीनार में बोलते हुए श्री सिंह ने कि आज के च्नौतियों के दौरे में विमानन क्षेत्र को स्रक्षित बनाना समय की मांग है

उन्होंने कहा कि विमानन स्रक्षा के लिए बहत सी चुनौतियां है

अमेरिका में टविन टावर हमला और कंधार अपहरण ने स्भी को अच्छा सब सिखाया है

उन्होंने कहा कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हए विमानन क्षेत्र को बढ़ाया जाए

म्ख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में हडा सैक्टरों में कोई विकास कार्य नहीं हए पूर्व सरकार ने केवल निजी बिल्डरों के उत्थान के लिए कार्य किया उन्होंने कहा कि सेक्टरों को उभारने के लिए उनकी सरकार ने सड़कों के रखरखाव का नगर निगमों व नगर परिषदों को सौंपा है अब विशेष बजट जिम्मा आंबटित करके सैकटरों की सड़कों के मुरम्मत कार्य तथा निर्माण कार्य की श्रूआत की गई है मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है ऑन लाइन पद्वति से श्वष्टाचार पर अकंश लगा है अब विकास कार्यो में धांधली नहीं होती और ग्णवता से भी कोई समझौता नहीं किया

मेले में पहंचे केन्द्रीय कृषि कल्याण एव पंचायती राज्य मंत्री प्रूषोंतम रूपाला ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने की बाते तो पहले भी होती थी लेकिन वर्तमान सरकार ने पहली बार किसानों की आय बढ़ाने के बारे सोचा है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है कन्द्रीय मंत्री ने कृषि अनुसंधान संसाधनों को किसानों का तीर्थ करार देते हुए कहा कि इनकी यात्रा करने से किसानों को आध्निक कृषि की जानकारी मिलेगी खेती की जमीन और बढ़ाई नहीं जा सकती बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिये इसमें केवल तकनीक का प्रयोग कर उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान बड़ी मात्रा में बेकार ज़मीन को उपजाऊ बनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने में अहम योगदान दिया है

हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल प्रात अश्विन नवरात्र के प्रथम दिन माता मनसा देवी के दर्शन करेंगे तथा यज्ञशाला में पूजा अर्चना करने के साथ हवन में भी भाग लेंगे